राज्य सरकार द्वारा राशि निकालने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने का निर्देष दिया गया है

इसी के तहत सरकार द्वारा यह राषि दी जा रही है राज्य सरकार ने बैंकों से राशि निकालने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत खाताधारक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पैसा निकाल सकेंगे

आज सिमडेगा से नौ रांची से पांच और रामगढ़ लातेहार से एक एक नये संक्रमित मरीजों की पुष्टि हई इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर नौ सौ तीरेपन हो गयी है

राज्य के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर जांच की जा रही है और रोगियों के संपर्कों का पता लगाने का कार्य तेज कर दिया गया है

पीड़ित युवक हरियाणा के फरीदाबाद के टेक्सटाइल मिल में काम करता था फरीदाबाद से जामताड़ा जिला प्रशासन को टेलीफोन द्वारा उक्त व्यक्ति के कोरोना पोजिटिव होने की सूचना दी गई

बरकट्टा के परबत्ता और केरेडारी के बेलतू को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है

यह व्यक्ति हैदरनगर प्रखंड के काजी नगर का निवासी है ये प्रवासी मजदूर के रूप में महराष्ट्र के थाने जिले से आया था

पलामू में मिले सभी मरीज प्रवासी मजदूर हैं

देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद एक ही दिन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की ये सबसे अधिक संख्या है

देश में कोरोना से मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है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

श्री मारवाह ने मणिपुर और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया वे दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त भी रहें उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने टवीट संदेश में कहा है कि वेद मारवाह एक ईमानदार और कुशल अधिकारी के रूप में जाने जाते थे श्री नायडू ने उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने टवीट् में कहा है कि वेद मारवाह को सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि श्री मारवाह ने एक आईपीएस अधिकारी के रूप में हमेशा अटूट साहस का परिचय दिया वे एक प्रतिष्ठित बुद्विजीवी थे प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी श्री मारवाह के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट की है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और किसानों की मदद के लिये दो अध्यादेश लागू हो गए हैं

ये अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार को सुगम बनायेंगे और किसानों को उनकी पसंद के प्रायोजकों के साथ जुड़ने के लिये सशक्त करेंगे कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल समी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी केंद्र सरकार ने मां बनने की उम्र मृत्यु दर कम करने और पोषण के स्तर में सुधार से संबंधित मुद्ददों पर विचार के लिए एक कार्य दल का गठन किया है इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित यह दल इन विषयों से संबंधित विधायी उपायों और मौजूदा कानूनों में संशोधन के बारे में सुझाव देगा कार्यदल शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर कुल प्रजनन दर जन्म लेने वाले शिशुओं और बच्चों में बालक बालिका के अनुपात और स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करेगा यह महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय भी सुझाएगा

चतरा जिले में पुलिस ने टीपीसी नक्सली संगठन के पांच लाख के इनामी सब जोनल कमांडर अनिश्चय गंझू को गिरफ्तार किया है ग्रप्त सूचना के आधार पर चतरा पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के दौरान उसे उसके घर से गिरफ्तार किया गया उसकी गिरफ्तारी जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र के बहेरा गांव से हई है

पुलिस अधीक्षक पी ऋषभ झा ने बताया कि ये नक्सली कोयलांचल में कोल ठेकेदारों परियोजनाओं और एजेंसियों से लेवी की वसूली करता था गिरफ्तार नक्सली सब जोनल कमांडर अनिश्चय चतरा के कोयलांचल के अलावे लातेहार और पलाम जिले में भी सक्रिय था पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अनिश्चय उर्फ कडक सिंह की गिरफ्तारी चतरा पुलिस के लिए बड़ी सफलता है इस अभियान में शामिल जिला बल और सीआरपीएफ के अधिकारियों व जवानों को प्रशस्ति पत्र और नकद इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा रामगढ जिले में आज अवैध रूप से राशन कार्ड रखने और इसका लाभ लेने वालों के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया इस जांच के दौरान पंद्रह लोग अवैध तरीके से राशन कार्ड रखने के संबंध में दोषी गए पाए रामगढ प्रखंड के इंदिरा नगर रानीबाग नई सराय सहित अन्य क्षेत्रों में जांच के दौरान इन लोगों को सरकार द्वारा राशन कार्ड रखने और जारी किये गए गाइडलाइन में अयोग्य होते हुए भी अवैध तरीके से राशन कार्ड इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के के राजहंस ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के उन सभी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी जो लोग जो अयोग्य होते हुए भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं इसलिए जिले में जो भी व्यक्ति अयोग्य रूप से राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं वे स्वेच्छा से नजदीकी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशन कार्ड जमा कर दें

इस घटना में तीन कर्मी जख्मी हो गए हैं घायल तीनों कर्मियों को शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है

इस संबंध में पंद्रह लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है साथ ही तीन पोकलेन और हाईवा भी जब्त किया गया है

यहां इनका प्रारंभिक जाँच और होम कोरेंटिन के लिए निबंधन किया गया साहिबगंज पहँचे ये प्रवासी श्रमिक पहली बार सहिबगंज आयी श्रमिक ट्रेन तथा विभिन्न जिलों से बसों के द्वारा साहिबगंज पहुंचे

उसकी हत्या अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से की है

मोटरसाईकिल पर क्षमता से ज्यादा सवार लोगों और बगैर हेलमेट के चलने वाले लोगों का ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ऑन द स्पॉट फाइन काट रहे हैं